भाजपा के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम सब को मिलकर खड़ा होना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक जॉब तैयार किये गये है और अब विपक्ष को रोज़गार मे अवसर उपलब्ध नहीं होने का द्ष्प्रचार बंद करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत तेज़ी से विकसित हो रहे मुख्य अर्थव्यवस्थाओं वाले देश की सूची में है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व व ऐतहासिक विस्तार कर रहा है

श्री मोदी ने विपक्ष के संभावित महागठबंधन के विचार पर प्रहार करते हुए कहा कि ये सब वंशवाद से ज्डा़ है न कि विकासवाद से जाति आधारित आरक्षण को हटाये जाने की किसी भी संभावना से इन्कार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये व्यवस्था लागू रहेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है भारत पाक सम्बधों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान में नई सरकार स्रक्षित स्थायित्व व क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगी जिसमें आतंक व हिंसा की कोई जगह नहीं होगी

श्री मोदी दिल्ली में एक एजेंसी को दिये साक्षात्कार के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे

द्वष्कर्म के दोषी को दी जाने वाली सज़ा में सख्ती किये जाने संस्तृति पिछले सप्ताह संसद में की गई थी जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष एंव टोहाना के विधायक सुभाष बराला ने कहा है कि कुछ अंदरूणी व बाहरी ताकते समाज को तोड़ना चाहती है इसलिए हमें मिलज्ल इनके खिलाफ खड़ा होना होगा आज फतेहाबाद में उन्होंने कहा कि पहले भी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले कर न केवल हमारे संसाधनों को लूटा बल्कि समाज को तोड़ने के लिए खाई भी खड़ी करने की कोशिश की

हरियाणा के श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि य्वा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति को अंधाध्ध अपना रही है अपनी संस्कृति से उन्हें अवगत करवाने की दिशा में कवि एवं लेखकों को अपनी लेखनी का बेहतर प्रयोग करते रहना चाहिए पंचकूला में हरियाणा उर्दू अकादमी के स्थापना दिवस पर आयोजित जश्न ए आज़ादी विषय दो दिवसीय अखिल भारतीय म्शायरा एवं सेमिनार में श्री सैनी ने कहा कि उर्दू भाषा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए ताकि उसे सशक्त बनाया जा सके पत्रकारिता एवं उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाने वालों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया आज सोनीपत के गोहाना में किसान धन्यवाद रैली को सम्बोधित करते हए हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर भाजपा सरकार ने गंभीरता से काम किया है

लोकतंत्र सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एवं क्रूक्षेत्र के सांसद राज क्रमार सैनी ने तोशाम मे एक पत्रकारवार्ता में कहा कि दो सितम्बर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर पानीपत में जनसभा कर एक अलग पार्टी का नाम घोषणा की जायेगी श्री सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जातिवाद परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है तथा उनकी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में सभी को समान रूप से टिकटें बांटी जायेंगी उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेन्द्र सिंह हडडा ने भेदभाव करके रोहतक व अन्य जिलों में आरक्षण के नाम पर लोगों को आपस भिड़वाने का काम किया

इसका उद्देश्य स्रक्षित एव स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना व अस्पतालों में संभावित इनफैक्शन को रोकनके के लिए जागरूक करना था

इस अवसर पर हरियाणा के खादय एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने कहा कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है और न ही ये मशीनों और वैज्ञानिको दवारा तैयार किया जा सकता है

डिपो सचिव महावीर पाई ने कहा कि धरने को सांकेतिक रूप से चलाया गया

य्वाओं को संस्कृति व खेलकूद से जोड़ने के लिए श्रू किये गये राहगिरी कार्यक्रम की कड़ी में आज नारनौल मे यह आयोजन हआ इस दौरान अनेक खेल गतिविधियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्त्त किय गये जिसमें रस्साकसी दौड़ क्श्ती साईकलिंग व अन्य खेल भी शामिल थे